राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर सनतानवे प्रतिशत के पार अब तक एक लाख चार हजार पांच सौ तैंतीस संक्रमित हुए स्वस्थ जांच अभियान में तेजी गूजरात के केवड़िया में कल से शुरू होगा पीठासीन अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन प्रधानमंत्री समापन सत्र को करेंगे सम्बोधित चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सीबीआई दाखिल करेगी अपना जवाब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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आज एक अहम बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री सभी राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं पहले चरण में प्रधानमंत्री ने दिल्ली पश्चिम बंगाल सहित आठ राज्यों की स्थिति की समीक्षा की बैठक के दौरान कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों की प्रधानमंत्री ने जानकारी ली और आ रही समस्याओं से भी अवगत हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम इस वैश्विक महामारी पर जीत हासिल करेंगे बैठक के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे

कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर एक दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है

वहीं दो हजार दो सौ दो सक्रिय केस हैं

राज्य में आज से से कोरोना जांच अभियान में तेजी लाई जाएगी राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को इसके लिये आदेश दिया गया है रांची उपायुक्त छवि रंजन ने निर्देश दिया है कि जो लोग बिना मास्क के नजर आएंगे उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी वहीं जमशेदपुर में एक सप्ताह बाद बिना मास्क के पकड़े जाने पर आठ घंटे कैंप जेल में रखने की तैयारी की जा रही है धनबाद में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जल्द अभियान शुरू होगा राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी धनबाद में हुई धनबाद में नौ से पंद्रह नंबर के बीच सैंपल पॉजिटिविटी रेट शुन्य दशमलव नौ आठ थी जो सोलह से बाईस नवंबर के बीच तीन दशमलव दो एक पर पहुंच गई है वहीं पूर्व स्वास्थ्य निदेशक सुमंत मिश्रा के अनुसार एक सप्ताह में सैंपल पॉजिटिविटी रेट में मामूली वृद्धि ही दर्ज की गई है लेकिन यह संक्रमण बढने का भी संकेत हो सकता है ऐसे में मास टेस्टिंग के बाद जो आंकडे आएंगे उसकी रिपोर्ट का विश्लेषण करना होगा उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करनी होगी

धनबाद प्रशासन देश के कई राज्यों में बढते कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरी तरह से तैयारी करने का दावा किया है जिला प्रशसन कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर जिले में अब विशेष कोरोना जांच अभियान चलाने जा रही है जांच अभियान में मदद को लेकर जिला के तमाम चेम्बर ऑफ कॉमर्स और समाजसेवी संस्थानों से भी अपील की है राज्य सरकार से रेट किट मिलते ही संवेदनशील इलाकों में लोगों को पकड़ कर उनका कोरोना जांच किया जाएगा धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह से सख्ती बरती जाएगी उन्होंने कहा कि हर दिन दो से ढाई हजार जांच का लक्ष्य रखा गया है दो दिनों में किट आने की उम्मीद है

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार देश में आर्थिक सुधार की गति बनाए रखने के लिए और कदम उठाएगी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बिंद बनाने के लिए सुधार जारी रहेंगे सुश्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महामारी के समय में बड़े सुधारों का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुधारों के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें पिछले कई दशकों से कोई महत्व नहीं दी गई सुश्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और सरकार विनिवेश और निजीकरण का एजेंडा जारी रखेगी कराधान प्रणाली में सुधारों पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कर अदा करने की प्रक्रिया सरल हुई है कारपोरेट टैक्स को कम करने के संबंध में सुश्री सीतारामन ने कहा कि इससे बहराष्ट्रीय कंपनियों सहित किसी भी बड़ी या छोटी कंपनी को तत्कालिक लाभ पहुंचाने की हमारी मंशा प्रकट होती है

कार्मिक और जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार विभाग को कई पेंशनधारियों के एसोसिएशन की ओर से कई पत्र मिले थे साथ ही व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जारी कोविड महामारी और कोरोना वायरस की बुज़ुर्ग आबादी के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया था मंत्रालय ने कहा कि लेखा महानियंत्रक के कार्यालय से सलाह मशविरे से अब तय किया गया है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की मौजूदा तारीख आगे बढ़ा दी गई है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन का उदघाटन करेंगे जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को सम्मेलन के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता के कारण देश को लोकतंत्र को काफी मजबूती मिली है श्री बिरला ने कहा कि छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जायेगा चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत मामले में सीबीआइ आज अपना जवाब झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल करेगी

सीबीआइ की ओर से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में भी एक भी दिन जेल में नहीं बिताएं हैं लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत की गुहार लगाई है अगर इस मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे

लालू ने जमानत याचिका में आधी सजा काटने व बीमारियों का हवाला दिया है झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये सात से नौ दिसंबर तक आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा फिलहाल विश्वविद्यालय अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है रजिस्ट्रार परीक्षा नियंत्रक फाइनेंस अफसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्ति होनी है

इन पदों पर की नियुक्ति के साथ प्रभारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी पाकुड जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम तेजी से हो रहा है

चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र स्थित पितिज बंगला चौक के पास कल रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई हादसा अनियंत्रित बाइक के सड़क किनारे लगी सूचना पट के खंभे से टकराने की वजह से हुआ युवक अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान यह दुर्घटनो हुई घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है आज सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मेंटर रहे देवल सहाय का आज सुबह निधन हो गया तिहत्तर साल के देवल सहाय ने रांची के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अंतिम सांस ली पिछले तीन महीने से वे बीमार चल रहे थे जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था देवल सहाय झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष भी रहे थे

महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में भी देवल सहाय का जिक्र किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट जगत में इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है खेल प्रशासक के रूप में रांची के दर्जनों क्रिकेटरों के करियर को उंचाईयों तक पहुंचाने में देवल सहाय की अहम भूमिका रही है